बजट सत्र संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है केन्द्र सरकार एक फरवरी को आम बजट पेश करेगी केन्द्र सरकार ने बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी सहित अनेक नेताओं ने भाग लिया बजट सत्र के पहले दिन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा बजट सत्र का पहला चरण ग्यारह फरवरी तक चलेगा लगभग एक माह के अवकाश के बाद बजट सत्र दो मार्च को फिर शुरू होगा और तीन अप्रैल को समाप्त होगा इस बीच बजट से पहले समाज के विभिन्न वर्गों ने एक फरवरी को पेश होने वाले बजट से अपनी अपेक्षाएं व्यक्त की हैं लघु उद्योग भारती के पूर्व अध्यक्ष और भिलाई के उद्योगपति सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है

इन अधिकारियों पर भाजपा शासनकाल के दौरान समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत फर्जी संस्थान बनाकर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप है हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीबीआई सात दिनों के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें साथ ही कोर्ट ने पंद्रह दिनों के भीतर समाज कल्याण विभाग से समस्त मुख्य दस्तावेजों को सीज करने के आदेश दिए हैं हाईकोर्ट में आज न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन अधिकारियों ने राज्य स्रोत निःशक्तजन नामक संस्था बनाकर सरकारी विभागों से हर महीने कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य कामों के लिए लाखों रुपए निकालकर करोड़ों रूपये का फर्जीवाड़ा किया है पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल इक्कीस जिलों की ढ़ाई हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे तीस लाख छप्पन हजार से अधिक मतदाता बासठ हजार से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि दूसरे चरण में कुल तेईस हजार तेरह पदों के लिए वोट डाले जाएंगे इनमें पंच पद के लिए अड़तालीस हजार नौ सौ बावन सरपंच के लिए दस हजार चार सौ छियानवे जनपद सदस्य के लिए दो हजार आठ सौ सत्तर और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चार सौ पांच उम्मीदवार मैदान में हैं मतदान के लिए छह हजार तीन सौ तिरपन केन्द्र बनाए गए हैं जहां चौंतीस हजार से अधिक कर्मचारियों की डयुटी लगाई गई है राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुबह छह बजकर पैंतालीस मिनट से दोपहर दो बजे तक वोट डाले जाएंगे वहीं सामान्य क्षेत्रों में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में पंद्रह हजार से अधिक पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं कोरोना वायरस भारत में नोवेल कोरोना वायरस के पहले मरीज की केरल में पुष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि चीन के वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले एक छात्र को इस बीमारी से संक्रमित पाया गया है वह हाल ही में चीन से केरल वापस लौटा था इस छात्र की हालत स्थिर बनी हई है इस बीच छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं विभाग द्वारा जनहित में कोरोना वायरस के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है रायपुर के एयरपोर्ट में कोरोना वायरस लक्षण और बचाव की जानकारी दी जा रही है साथ ही हेल्प डेस्क शुरू किया गया है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य सर्वेलेंस इकाई में हेल्पलाईन नंबर जारी किए गए हैं ऐहतियात के तौर पर राज्य और जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन कर लिया गया है मंत्रिपरिषद निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन अध्यादेश के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है इसके तहत कोई भी सोसायटी किसी भी सरकार के उपक्रम सहकारी सोसायटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम अथवा निजी उपक्रम के साथ किसी विशेष कारोबार के लिए सहयोग कर सकेगी इसके लिए उसे पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी मुख्यमंत्री भूपेश बधेल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम को छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम का गठन अधिसूचना के दिनांक से प्रभावशील हो जाएगा

उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ में मुलरूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के निवासी हैं जिनमें से बड़ी संख्या में गरीब अशिक्षित और साधनविहीन हैं जिससे इस अधिनियम की औपचारिकता को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है महात्मा गांधी प्ण्यतिथि राष्ट्र आज महात्मा गांधी की बहत्तरवीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है वर्ष उन्नीस सौ अड़तालीस में आज ही के दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी यह दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की वहीं छत्तीसगढ़ में आज शहीद दिवस पर महात्मा गांधी के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में शहीदों के योगदान का स्मरण किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बधेल की अध्यक्षता में रायपुर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर दो मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रंद्वाजलि दी गई इसके अलावा राजभवन मंत्रालय सहित विभिन्न शासकीय कार्यालयों में दो मिनट का मौन रखकर अमर शहीदों के बलिदानों को याद किया गया और गांधी जी को श्रद्वांजलि अर्पित की गई खेल विकास प्राधिकरण प्रदेश में खिलाड़ियों को अत्याधुनिक खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण देने के लिए अत्याधुनिक खेल अकादमी गठित की जाएगी साथ ही राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करने का फैसला लिया है मुख्यमंत्री भूपेश बधेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण की गवर्निग बॉडी की प्रथम बैठक में ये निर्णय लिए गए बैठक में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों गेड़ी भौंरा फुगड़ी जैसे खेलों को प्रोत्साहित किए जाने पर भी जोर दिया गया बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि महत्वपूर्ण खेल स्टेडियम अब छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के अधीन रखे जाएंगे बैठक में राजीव युवा मितान क्लब के गठन के स्वरूप पर भी विचार विमर्श किया गया राजीव युवा मितान क्लबों का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर और नगरीय निकायों में किया जाएगा इस क्लब के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व क्षमता कौशल विकास की गतिविधियां संचालित की जाएगी भाजपा धान खरीदी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने राज्य सरकार से धान खरीदी की सीमा पन्द्रह फरवरी से बढ़ाकर पंद्रह मार्च करने की मांग की है श्री चंद्राकर ने धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में धान जाम होने के कारण किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज से राजभवन में अधिकारियों कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए दो दिवसीय स्वास्थ्य शिविर शुरू हुआ रायगढ़ जिले के नेतनगर गांव के पास चारपहिया वाहन के पलट जाने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं

बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के हरगावां गांव में आज ट्रैक्टर के पलट जाने से उसमें दबकर एक व्यक्ति की ॅमौत हो गई